मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मुल्य कभी समाप्त नहीं होने दिया जायेगा उन्होंने म्ख्यमंत्री बागवानी योजना श्रू करने का ऐलान भी किया

ग्रप सी कर्मचारियों के लिए एक ही कैडर बनाया जायेगा

बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की द्री

श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में समग्र रूप से कार्य करने के साथ साथ निवारक उपायों व आध्निक उपचार स्विधाओं पर भी काम श्रू कर दिया है प्रधानमंत्री ने गूजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आय्र्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखने के बाद सम्बोधित कर रहे थे

इस योजना ने लोगों को पैसे की कमी के कारण अच्छा इलाज न करा पाने की समस्या से निजात दिलाई है देशभर में कल से टोल प्लाजा से गजरने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टेग अनिवार्य कर दिया है

इस दौरान टोल प्लाजा पर नकदी टोल फीस वसूली जायेगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर प्रदेश के सबसे कम आय वाले लाख परिवारों की आयमे वृद्धि के लिए अभियान चलाने की घोषणा की चंडीगढ़ में एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि इन में किसान मज़दर छोटे द्रकानदार हर जिले वर्ग और गांव के लोग हो सकते है

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि चार जनवरी को किसानों की केन्द्र सरकार से होने वाली अगली बैठक में आपसी समझ और बढ़ेगी तथा किसानों की समस्याओं का समाधान होगा मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे किसानों की कड़कती ठंड में चल रहे आंदोलन का जिक्र करते हये म्ख्यमंत्री ने कहा कि कई राजनीतिक दलों द्वारा किसानों को ग्मराह किया गया है किसानों की कल हुई बैठक में केन्द्र ने उनकी कुछ मांगे मान ली है मुख्यमंत्री ने कहा कि छ साल में हरियाणा ने किसानों के लिए जितने कदम उठाये है उतने किसी ओर राज्य ने नहीं उठाये

इस बार बाजरे की अधिक खरीद होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी जानकारी मे आया है कि हरियाणा में बाजरे का भाव लगभग दोग्णा होने के कारण राजस्थान से गैर कानूनी संग से बाजरा लाया गया जिसकी जांच के आदेश दिये गये है इस मौके पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं होने दिया जायेगा अगर ऐसी कोशिश हई तो वे राजनीति छोड़ देंगे उन्होंने इस मौके पर म्ख्यमंत्री बागवानी योजना श्रू करने की घोषणा भी की

उन्होंने कहा कि अब सरकार सूक्षम सिंचाई पर ज़ोर दे रही है पानी की कमी वाले इलाकें में सूक्ष्म सिंचाई के टयूबवैल कनैक्शन दिये जायेंगे उन्होंने पश्धन क्रेडिट कार्ड योजना की दिशा में हुई प्रगति का जिक्र भी किया और बताया कि गन्नौर मे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल व सबजी मंडी पर काम श्रू हो गया है तथा पिंजौर की फल व सब्जी मंडी के लिए निविदायें प्राप्त करने का काम जल्छ ही श्रू हो जायेगा

पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने ग्र्प डी की तरह ग्र्प सी कर्मचारियों का एक समान कैडर बनाने की घोषणा भी की है उन्होंने बताया कि ग्र्प सी के जितने पद खाली होंगे उससे तीन ग्णा उम्मीदवारों की संयुक्त परीक्षा ली जायेगी उम्मीदवारों का चयन मैरिट के आधार पर किया जायेगा उन्होंने कहा कि शुरू में यह परीक्षा वर्ष में एक बार होगी बाद में इसे साल में दो बार करवाने पर भी विचार किया जायेगा इस मौके पर म्ख्यमंत्री ने नगर निगमों च्नावेां में वितरित परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के बेहतर परिणाम मिलने पर संतोष जताया है और कहा कि मेयर के एक पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार एक के लिए कांग्रेस और एक पर हरियाणा जन चेतना पार्टी के उम्मीदवार रहे रेवाड़ी नगर परिषद की अध्यक्ष बीजेपी की उममीदवार पूनम यादव च्नी गई है

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सांसद संजय भाटिया के सांसद मोबाइल ऑफिस का श्भारम्भ किया इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दृष्यंत गौतम भी मौजूद रहे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चौपहिया वाहन में स्थापित किए गए इस मोबाइल ऑफिस में अटल सेवा केंद्र भी बनाया गया है इससे क्षेत्र के लोगों को अटल सेवा केंद्र से ज्ड़ी स्विधाओं का मौके पर लाभ मिलेगा

आज प्रदेश में छ कोविड मरीज़ों की मृत्यु भी ह्ई है

आज चंडीगढ़ में एक पत्रकारवार्ता मे मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जवाबदेही तय होगी

ई संजीवनी ऑन लाइन ओपीडी ई रजिस्ट्रेशन जैसी स्विधाओं का जिक्र करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के अंदर किसी भी ज़मीन की कही भी रजिस्ट्री करने का प्रावधान किया जा रहा है और बाद मे ई शासन की मदद से राज्य में किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने की सुविधा दी जायेगी